शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी याचिका का कोई औचित्य नहीं है कयोंकि उनको सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर च्की है न्यायाधीश आर भान्मती और ए एस बोपना की पीठ ने कहा है कि चिदम्बरम को कानून अन्सार समाधान ढूंढने का हक है चिदम्बरम को जिनकी सीबीआई हिसारत आज समाप्त हो रही है अदालत के समक्ष पेश किया जायेगा जहां सीबीआई उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने आज कहा कि भारत में अगले पांच वर्षो में दस हजार सीएनजी सटेशन होंगे नई दिल्ली में एक समारोह में बोलते हुए श्री प्रधान ने ऑटो कंपनियों को सीएनजी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वाहनों में सीएनजी किट लगाने का स्झाव दिया

मंत्री ने कहा भारत इलैक्ट्रोनिक वाहन तकनीक का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखेगा और लिथियम की आयात निर्भरता की ओर ओर नहीं बढ़ेगा

भारतीय रेलवे की जैव शौचालय परियोजना प्रौदयोगिकी का एक नवनी और स्वदेशी विासक है

जैव शौचालयों के लिए तकनीक पूरी तरह से नवीन और भारत में ही विकसित की गई है यह भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और रक्षा अन्सधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों दवारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने बताया कि प्रदेश में बसों के किराये में किसी प्रकार की बढ़ोंतरी नहीं की गई है

उन्होंने बताया कि किसी भी राज्य में चलने वाली बसों उप उस राज्य द्वारा लागू बस किराया ही वसूल किया जाता है अतः नियमाुनुसार पंजबा दवारा बढ़ाये गये बस किराये का असर केवल पंजाब में चलने वाली बसों पर ही पड़ेगा और हरियाणा में संचालित होने वाली बसों के किराये मे कोई वृद्वि न की गई है

मुख्य सचिव ने जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम से पहले या बाद में खेलों योगा व मैराथन का आयोजन करने के निर्देश दिये

उधर प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने बताया कि कार्यक्रम की स्रक्षा के लिए प्ख्ता बंदोबस्त किये गये है और हरियाणा के प्लिस प्रशिक्षण ले रहे पांच हजार प्रशिक्षणाथियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा तथा इन केन्द्रों में फिटनेस खेलों का आयोजन भी किया जायेगा

म्ख्यमंत्री ने कहा कि फव्वारा व टपका सिंचाई पर सरकार अस्सी प्रतिशत तक सबसिडी दे दी रही है मुख्यमंत्री आज अपनी जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान सोनीपत के खरखौदा हलके में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एसवाईएल और हांसी ब्टाना लिंक नहरं से पानी लाने के प्रयास किये जा रह है मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने लखवार और रेण्का बांधों से पानी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है

इसके बाद रोहतक जिले के गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र के गांव हमनगढ़ के यात्रा के पहंचने पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने न केवल सड़कों का जाल बिछाया है बल्कि अध्रे क्डली मानेसर एक्सप्रेस वे का काम भी पूरा किया है एक्सप्रेस के दोनो और औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जायेगा जिससे क्षेत्रवादियों को रोज़गार मिलेगा पैरी एग्रीकल्चर का जिक्र करते हये म्ख्यमंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र दिल्ली के निकट है इसलिए किसानों को धान व गेहं की बजाय फल फूल की खेती की ओर बढ़ना चाहिए जन आर्शीवाद यात्रा को कृषि मंत्री ओ पी धनखड़ व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने सम्बोधित किया दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की सज़ा काट रहे पूर्व म्र्ख्यमंत्री ओम प्रकाश चोटाला की पेरोल चार सप्ताह के लिए बढा़ दी गई है उल्लेखनीय है कि ओम प्रकाश चोटाला ने अपनी पत्नी स्नेहलता के निधन के बाद अंतिम रस्मे अदा करने के लिए पेरोल बढ़ाने की मांग की थी उनकी मांग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था

उच्च न्यायालय ने डेरा प्रम्ख ग्रमीत राम रहीम की दतकपुत्री हनीप्रीत की ज़मानत याचिका पर स्नवाई से इन्कार कर दिया है

काबिलेगौर है कि इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने हनीप्रीत की ज़मानत देने से इन्कार कर दिया था कि याचिका कर्ता पर लगाये गये आरोप काफी संगीन है

गिरफ्तार किये गये लोगों में से दो उड़ीसा और एक राजस्थान से है ये लोग उड़ीस से गांजापत्ती लाकर ग्रूग्राम में स्पलाई करते थे प्लिस प्रवक्ता के अन्सार इन सभी आरोपियों को हडा मार्केट के पास से गिर फ्तार किया गया आरोपियों दवारा गांजापत्ती बेचने का काम एक वर्ष से किया जा रहा था प्लिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के विभिन्न धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है प्लिस ने एक अन्य मामले में पानीपत से पचास किलो चूरापोस्त जब्तकर उत्तरप्रदेश के किराना जिला निवासी सादिक और मुसव्वर को गिरफ्तार किया है हरियाणा सरकारी अस्पतालों में तैनात फार्मास्टि आज वेतन विंसगति से सम्बधित मांगों को लेकर सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहे भिवानी से हमारे संवददाता ने बताया है कि फार्मासिस्ट के अवकाश पर जाने से मरीजों को दवाईयों के लिए भटकना पड़ा